एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है कोरोना से स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव एक तीन प्रतिशत रह गई है स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक ग्यारह लाख पैंतालिस हजार छह सौ उन्तीस कोविड रोगी ठीक हए हैं पिछले चौबीस घंटे में चौवन हजार सात सौ पैंतीस नए मरीजों का पता चला है कृल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर सत्रह लाख पचास हजार सात सौ तेईस हो गई है प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरूण का आज निधन हो गया वह बासठ वर्ष की थीं पिछले दिनों वह कोविड पॉजिटिव हई थीं जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर गहरा दःख व्यक्त किया है एक टवीट में श्री कोविंद ने कहा कि कमल रानी वरूण जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा के लिए जानी जाती थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरूण का पूरा जीवन समाजसेवा के प्रति समर्पित रहा उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने श्रीमती कमल रानी वरूण के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हर शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभति व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक टवीट संदेश में मुख्यनंत्री ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरूण के निघन की सचना व्यथित करने वाली है उनके रूप में राज्य ने आज एक समर्पित जननेत्री को खो दिया मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की श्रीमती कमल रानी वरूण कानपुर के घाटमपुर विद्यान सभा क्षेत्र से विधायक चुनी गयी थीं और वर्तमान में वह प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार पांच अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जैसे जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन की तारीख नजदीक आती जा रही है सभी वर्गों के लोगों में उत्साह और प्रसन्नता लगातार बढ़ती जा रही है इस अवसर पर घरों में मिट्टी के दीए जलाए जाएगे जिसके लिए कुम्मकार बड़े ही प्रसन्नता और उत्साह से इन दियों को तैयार कर रहे हैं

इसके अतावा कई टीमें रामायण के विमिन्न प्रसंगों और घटनाओं पर आवारित वित्रों को यहां विमिन्न रास्तों की दीवारों पर उकरने में तगी हुई है अयोष्या में राजेद्र सोनी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मुल्तान सिंह यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा की है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले तीन वर्षो की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को राज्य सडक परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है इसके तहत आज मध्यरात्रि से कल मध्यरात्रि तक चौबीस घंटों के लिए महिलाएं सरकारी बसों में नि शुल्क यात्रा कर सकेंगी उधर पर्व के मददेनजर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आज राखी और मिठाई की दकाने कोविड नाइन्टीन के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुली हैं मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे त्योहार मनाते समय सुरक्षित दूरी अवश्य बनाए रखें प्रदेश के वित्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य के बारह जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं इन जिलों में लोगों के आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से नार्वो की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है श्री खन्ना कल लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे श्री खन्ना ने बताया कि प्रदेश की तीन नदिया सरयु घाघरा राप्ती और शारदा उफान पर हैं प्रदेश के जो बारह जिले बाढ़ से प्रभावित हैं उनमें बाराबंकी अयोध्या क्शीनगर गोरखप्र बहराइच आजमगढ़ गोण्डा संत कबीरनगर सिद्वार्थनगर बलरामपुर लखीमपुर और सीतापुर शामिल हैं श्री खन्ना ने कहा कि इन जिलों के तीन सौ इकत्तीस गांव बाढ़ की चपेट में हैं यहां की आबादी करीब एक लाख नब्बे हजार है विश्व संस्कृत दिवस के अक्सर पर कल आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नाम का बीस मिनट का यह कार्यक्रम कल सयेरे सात बजकर दस मिनट से एआईआर एफएम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिरियल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है